मुख्यमंत्री कमलनाथ आज षाम इंदौर जिले के निपानिया गांव में संजीवनी क्लीनिक की शुरूआत करेंगे स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि यह क्लीनिक ऐसी सघन आबादी वाले क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं जिनकी स्वास्थ्य संस्थाओं से दूरी अधिक है

इसके तहत इंदौर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जीएसटी के नये रिटर्न की विस्तृत जानकारी और उसे भरने का तरीका समझाया गया कार्यशाला में जीएसटी भरने में आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई कार्यकम में मुख्य वक्ता के रूप में जीएसटी के वॉइस प्रसिडेंट जगपाल सिंह और सीए सुनील जैन के साथ ही बड़ी संख्या में करदाता व्यापारी और चार्टर्ड अकाउण्टेंट शामिल हुए उच्च न्यायालय कम्प्यूटरीकरण मध्यप्रदेष उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ देष में पक्षकारों और वकीलों को ऑनलाइन प्रमाणित प्रतिलिपि देने वाला देष का पहला उच्च न्यायालय बन गया है प्रदेष के मुख्य न्यायाधीश ए के मित्तल ने इंदौर में प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए एक नये सॉफ्टवेयर का उदघाटन किया श्री मित्तल ने बताया कि शीघ्र ही यह व्यवस्था प्रदेश के जिला न्यायालयों में भी लागू की जायेगी इस सुविधा के षुरु होने से पक्षकार या अधिवक्तागण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे इसके जरिए शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकेगा झंडा दिवस आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है देश के मान सम्मान की रक्षा करने वाले शहीदों और सैनिकों के सम्मान में प्रतिवर्ष सात दिसम्बर को यह दिवस मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों से सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए योगदान करने का अनुरोध किया है उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सशस्त्र झंडा दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में एक श्रद्वांजलि सभा का आयोजन किया गया जिसमें वीर जवानों की शहदात को याद करते हुए सैनिकों की सहायता के लिये धनराशि एकत्रित की गई कटनी गुना नीमच झाबुआ और रतलाम सहित विभिन्न जिलो में सशस्त्र झंडा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किये गये

इसमें जिले के असंगठित श्रमिकों को योजना की जानकारी दी गई